चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा एनडीए के सहयोगी दलों भाजपा जदयू और लोजपा के बीच अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सत्रह सत्रह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जबकि लोक जनशक्ति पार्टी छह सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी बाईट अमित शाह तीनों पार्टियों को भरोसा है कि दो हजार उन्नीस के चुनाव में चौदह से भी ज्यादा सीटें बिहार में एनडीए का गठबंधन जीतेगा और फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी इस विषय पर तीनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करी है सम्मेलन में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भी मौजूद थे श्री शाह ने कहा कि रामविलास पासवान को राज्यसभा के जरिए संसद भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि कौन सी पार्टी किस सीट से चूनाव लड़ेगी इसकी घोषणा भी जल्द ही की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले आम चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठित रूप से प्रयास किया जायेगा बाईट नीतीश कुमार अब हम सब लोग मिलकर आगे काम करेंगे और जहां तक किस सीट में कौन लडेंगे इसके बारे में श्री अमित शाह जी ने बता दिया इसके बारे में हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे और तीनों पार्टियों के नेता भी बैठकर बात करेंगे और जैसे भी होगा उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा

इस अवसर पर लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि सम्मानजनक सीटें मिलने से उन्हें खुशी है उन्होंने आश्वासन दिया कि तीनों दल मिलकर एनडीए की जीत के लिए काम करेंगे

चालीस में चालीस सीट का इस अवसर पर भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद थे एनडीए के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों को लेकर समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि एनडीए बिहार की सभी चालीस सीटों पर जीत हासिल करेगा उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव को देखते हुए महागठबंधन के नेता एक हुए हैं लेकिन चुनाव के बाद सभी अलग हो जाएंगे वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बाईस सांसदों वाली बीजेपी ने सत्रह सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय कर के जदयू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आज बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ महागठबंधन में शामिल हो गये इस अवसर पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने श्री सहनी का स्वागत करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए महागठबंधन का दिन प्रतिदिन विस्तार हो रहा है वहीं रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने दावा किया कि चुनाव में महागठबंधन बड़ी जीत दर्ज करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के प्रस्तावित महागठबंधन की आलोचना करते हुए कहा है कि यह गठबंधन अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाये रखने के लिए किया जा रहा है श्री मोदी ने चेन्नई में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंस से संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन अमीर घरानों का गठबंधन होगा और इसका उद्देश्य परिवार राज को स्थापित करना ही है श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के नेता देश की प्रगति के बारे में लोगों को ग्मराह कर रहे हैं जबकि इस वर्ष नये भारत के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभू वायुसेना के दरभंगा एयरपोर्ट से नागरिक विमानन सेवा शुरू करने के लिये कल एयरपोर्ट के आंतरिक टर्मिनल और रनवे का शिलान्यास करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित रहेंगे एयरपोर्ट के निदेशक राजेन्द्र सिंह लाहोरिया ने बताया है कि वर्तमान एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई बढ़ाने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा और परिसर में यात्रियों की क्षमता के अनुसार कार पार्किंग और टर्मिनल भी बनाए जाएंगे जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि फिलहाल वायूसेना की जमीन पर एक सौ इक्कीस करोड़ की लागत से स्थायी टर्मिनल निर्माण के लिये जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट से पूरे उत्तर बिहार के लोगों को फायदा होगा पछ्आ हवा और उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक पहंच गया है मौसम विभाग ने छब्बीस दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने पर ठंड मे और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान गया रहा जहाँ का न्यूनतम तापमान चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह पूर्णिया का नौ दशमलव दो और भागलपूर का न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया ठंड के कारण सड़क और रेल यातायात के साथ साथ विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आज से प्लास्टिक और पॉलीथिन की थैलियों के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है नगर विकास और आवास विभाग ने कहा है कि जो भी प्लास्टिक का अवैध उपयोग करेंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी विभाग के विशेष सचिव संजय दयाल ने बताया कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर न्यूनतम सौ रूपये से लेकर अधिकतम पांच हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा पॉलीथिन पर प्रतिबंध के बाद बेगूसराय नगर निगम की टीम ने दो दर्जन से ज्यादा दुकानों में छापेमारी कर डेढ़ क्विंटल पॉलीथिन जब्त किया है वहीं दुकानदारों से दो दो हजार रुपये जुर्माने की राशि भी वसूल की गयी है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में तीन दिवसीय पशु आरोग्य मेला का उद्घाटन किया मेले में कृषि उत्पादों के पचास से अधिक स्टॉल लगाए गये हैं इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश को दिसंबर दो हजार अठारह तक अस्सी दशमलव दो चार करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है उन्होंने कहा कि पिपरा कोठी में तैंतीस करोड़ की लागत से पशु प्रजनन केन्द्र का उद्घाटन आगामी पच्चीस दिसंबर को किया जाएगा प्रदेश के मोतिहारी में पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए भारतीय जन संचार संस्थान आइआइएमसी जल्द ही अपना केन्द्र खोलेगा आइआइएमसी के महानिदेशक के जी सुरेश ने यह जानकारी नई दिल्ली में मैथिली पत्रकार ग्रुप की ओर से आयोजित मिथिला महोत्सव के दौरान दी उन्होंने कहा कि मैथिली की वेबसाइट और अखबार शुरू करने के लिए अल्पकालिक कोर्स भी जल्द शुरू किया जाएगा संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि अगले महीने पंद्रह जनवरी से शुरू होने वाला कुम्भ मेला पहले के कुम्भ मेलों से पूरी तरह अलग होगा उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह गर्व की बात है कि यूनेस्को ने कुम्भ मेले को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है

आज विश्व कौतूहल भरी नजरों से देख रहा है उसी हमारी संस्कृति की एक पहचान कुंभ ये भारत के लिए गर्व की बात है कि इस साल यूनेस्को ने कुंभ को मान्यता दी है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज पटना के प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका से उनके आवास पर मुलाकात की इस अवसर पर श्री मोदी ने व्यवसाई के पुत्र और भाजपा व्यवसाई मंच के प्रदेश संयोजक गुंजन खेमका की हत्या पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस हत्या को काफी गंभीरता से ले रही है श्री मोदी ने कहा कि पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी व्यवसायी गोपाल खेमका से मुलाकात कर उनके पुत्र की हत्या पर गहरा दुःख जताया है और अब अंत में मुख्य समाचार एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीटों का किया बंटवारा

चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा